अपराधियों की धर पकड़ के लिये छापेमारी अभियान जारी

और राजधानी पटना समेत प्रा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि अपराधी आठ दस की संख्या में आये थे और दहशत फैलाने के लिये कई राउंड गोलीबारी भी की घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गयी है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मौके से प्राप्त सीसीटीवी फूटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर छापेमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री कुमार ने आज राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में अपराधिक घटनाएं होगी वहां केवल थानेदारों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होगी बल्कि संबद्ध अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ये पोस्टर तभी लगाये जा सकते हैं जब आपदा प्रबंधन कानून के तहत किसी सक्षम अधिकारी ने इसके आदेश दिये हो गौरतलब है कि केन्द्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि दिशा निर्देश में कोरोना संक्रमित के घरों को बाहर पोस्टर लगाने के कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन श्रू कर दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारी कर रही है श्री भूषण ने बताया कि कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था

प्रदेश में कोरोना की संभावित वैक्सीन के स्टोरेज और टीकाकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिये अस्पतालों की सूची बनायी गयी है स्वास्थ्य विभाग ने तिहत्तर सरकारी और तीन सौ बत्तीस निजी अस्पतालों की पहचान की है जहां टीकाकरण का कार्य किया जायेगा इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनीसेफ और यूएनडीपी के बैनर तले कोरोना टीकाकरण को लेकर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है यूनीसेफ बिहार के कार्यक्रम प्रमुख असद्दूर रहमान ने बताया कि तीन चरणों में टीके दिये जायेंगे जिसके लिये ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है देश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या चार प्रतिशत से भी कम हो गया है स्वस्थ होने वालों की दर चौरानवे दशमलव छह छह प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में छत्तीस हजार छह सौ पैंतीस लोग स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या तिरानवे लाख पंद्रह हजार पांच सौ इक्यासी है इधर कोविड उन्नीस के बत्तीस हजार अस्सी नए मामले सामने आये हैं इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या संतानवे लाख पैंतीस हजार आठ सौ पचास हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान इस महामारी से चार सौ दो लोगों की जानें गई इस तरह मृतकों की कुल संख्या एक लाख इकतालीस हजार तीन सौ साठ हो गई है प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के छह सौ नब्बे नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख चालीस हजार नौ सौ उनतालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ सड़सठ नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं मुजफ्फरपुर में चौंतीस सारण में अठाईस नवादा में तेईस पूर्णिया में इक्कीस बेगूसराय और भागलपुर में बीस बीस और नालंदा में उन्नीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में पांच हजार एक सौ सैंतीस सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख चौंतीस हजार चार सौ अंठानवे लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन तीन प्रतिशत है इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में एक हजार तीन सौ तीन लोगों की मौत हो चुकी है सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अनुरोध किया है कि वे कचरा प्रबंधन के अंतर्गत मास्क और दस्तानों को कूड़े में फैंकने से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें साउंड बाईट कोई भी चीज के लिए चाहे वो आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या आपके हाथों के साबुन है एक सैनिटाइजर है और एक तीसरी चीज है जो प्लास्टिक मैटीरियल्स वगैरह को क्या करते हैं डिस्इनर्फेक्ट करके फिर इनको कट ्करके और छोटे छोटे प्लास्टिक के गोले बना लेते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है वो हर जगह लागू है जहां बहुत बड़ी मात्रा में उसका उपयोग हो रहा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सजायाफ्ता रामानुज ठाकुर उर्फ मामू की मौत हो गयी दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक हजार पांच सौ चौरासी करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है इस योजना की संप्रर्ण अवधि यानी दो हजार बीस से दो हजार तेईस तक बाईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस योजना से लगभग अंठावन लाख पचास हजार कर्मचारियों को फायदा होगा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई फाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है द्रसंचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सार्वजनिक वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा और देश में वाई फाई क्रांति आएगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और यह संभवत अंतिम दौर में है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कृषि कानूनों के विरोध को आम जनता के साथ धोखा बताया है श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि कानून से वे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें किसानों से अधिक बिचौलियों की चिंता है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि कानून लायी है और इन कानूनों के लागू होने से किसानों के जीवन में समृद्धि आयेगी और देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन की शुरूआत करते हुए लोगों से कोविड संबंधित सावधानी बरतने की अपील की थी इसमें हाथ धोना सही ढंग से मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना शामिल है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान का अनुकूल असर पड़ा है

मगर चरणबद्व रूप से फिर खोले जाने के साथ गतिशीलता में वृद्धि के साथ साथ एक बार फिर इसमें उछाल देखा गया

प्रधानमंत्री ने इसे एक जन आँदोलन बनाने का आह्वान किया चिकित्सा विशेषज्ञ खिलाड़ी फिल्म स्टार आदि जैसे प्रमावशाली लोग और अन्य कलाकार आकाशवाणी समाचार और अन्य प्लेटफार्मों पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन कार्यो के द्वारा करें सोशल डिस्टेंसिंग यानि सामाजिक दूरी समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो तमी आप घर से बाहर निकलें या जाए तीसरी बात दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम से कम बीस सैकेंड तक धोएं और अपनी नाक आंख मुंह को बिल्कुल न छ्यूएं हम सभी को खुद की और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सरल बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें अपने हाथ साबुन लगाने के बाद बीस सैकेंड तक लगातार मलते रहने चाहिए अगर साबुन और पानी न हो तो हैंड सैनीटाइजर का इस्तेमाल करें मास्क ये बहुत ही जरूरी है घर से बाहर निकलें पर इसे जरूर पहनें दूसरे व्यक्ति से छह फीट की दूरी बनाए रखें

परिणाम सबके सामने है

संदेश साफ है स्पष्ट है मास्क पहनना है शारीरिक दूरी बनाए रखना है और हर समय स्वच्छता बनाए रखने के लिए बार बार हाथ धोना है टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क दो गज की दूरी हैंड सैनिटाइजेशन ही हमारा एक मात्र विकल्प है एक प्रकार से एक मात्र हथियार है हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयू के सभी परिजनों को भी बचाना है

क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं नसीम नकवी आकाशवाणी समाचार नई दिल्ली राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि हवा की गति तेज होने के साथ ठंड और बढ़ेगी

कोहरे के कारण द्रश्यता में आयी कमी का असर विमान रेल और सड़क यातायात पर देखा जा रहा है पटना एयर पोर्ट से कई उड़ानें आज भी रद्द कर दी गयी वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही हैं पूर्व मध्य रेल के गया डिहरी रेलखंड पर इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन के करीब गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गयी गाड़ी के बोगी संख्या एस फाईव के चक्के में आग लगने के बाद धुंआ उठ रहा था जिसे रेल सुरक्षा से जुड़े कर्मियों ने देख लिया और रेलकर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया

अपराधियों की धर पकड़ के लिये छापेमारी अभियान जारी

और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में